मुख्यमंत्री ने कहा कि विधायक ई मित्र सेवा मोबाईल एप्प शिखर की ओर हिमाचल पर विधायकों को ऑनलाईन सेवाएं प्रदान करेगा यह एप्प विधायकों को उनके निर्वाचन क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही योजनाओं की जानकारी और प्रभावी निगरानी की सुविधा भी प्रदान करेगा मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ने भाजपा कार्यकर्ताओं को नगर परिषद नगर पंचायत और पंचायत चुनावों के लिए प्रतिबद्धता से कार्य करने पर बल दिया कल शिमला से वीडियो कांफ्रैंसिंग के माध्यम से सिराज विधानसभा क्षेत्र के पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कार्यकताओं को तालमेल के साथ कार्य करते हुए बेहतर प्रत्याशी को विजयी बनाने के लिए टीम गठित करने का सुझाव दिया मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ लगातार सम्पर्क बनाने की कार्यकर्ताओं को सलाह दी

परिवहन विभाग के प्रधान सचिव के केके पंत ने शिमला में सड़क सुरक्षा के लिए गठित राज्य स्तरीय स्थाई समिति की अध्यक्षता करते हुए ये जानकारी दी इस दौरान विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को सड़क सुरक्षा संबंधी नियमों की जानकारी दी जाएगी पंत ने कहा कि सड़क सुरक्षा संबंधी नियमों की अनुपालना के लिए ऐसे कार्यक्रमों में आम जनता की सहभागिता जरूरी है

मांग किन्नौर जिला कांग्रेस ने जिले में भारी बर्फबारी को देखते हुए पंचायत चुनाव में नाम वापिस लेने की अवधि दो दिन बढ़ाने की चुनाव आयोग से मांग की है इस संबंध में कल जिला कांग्रेस कमेटी का एक प्रतिनिधिमंडल प्रवक्ता सूर्य बोरिस की अध्यक्षता में जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त हेमराज बैरवा से मिला और उन्हें एक ज्ञापन सौंपा इस बीच उपायुक्त ने कहा कि भारी बर्फबारी के चलते उन्हें भी सहायक चुनाव अधिकारियों की ओर से नाम वापिस लेने की अवधि बढ़ाने की मांग आ रही है और इस संबंध में चुनाव आयोग से बात की गई है अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है अमर उजाला की सुर्खी है जनवरी अंत या फरवरी पहले सप्ताह में खुल सकते हैं स्कूल विद्यार्थियों से संवाद के बाद सीएम ने दिए संभावनाएं तलाशने के निर्देश दैनिक जागरण का शीर्षक है जल्द खुलेंगे स्कूल वार्षिक परीक्षाएं ऑफलाइन होंगी पंजाब केसरी का शीर्षक है माननीय ऑनलाइन कर सकेंगे विकास कार्यो की निगरानी नागरिक सुविधा एप पर मुख्यमंत्री से मिलने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे लोग शीर्षक से दैनिक भास्कर लिखता है सीएम जयराम ठाकुर ने अपने जन्मदिन पर तीन एप लॉन्च किए अजीत समाचार के अनुसार मोदी व शाह ने जयराम ठाकुर को जन्मदिन की दी बधाई

मौसम पर अमर उजाला की सुर्खी है मनाली के धुंधी में गिरा हिमखंड रिकांगपिओ में जीप पर पत्थर गिरने से एक की मौत दिव्य हिमाचल का शीर्षक है मनाली में तीन किलोमीटर लंबा जाम पर्यटक बुरी तरह परेशान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 नमस्कार